इस अवसर पर श्रद्वालु संगम में डुबकियां लगा लगा रहे हैं गंगा यमुना और सरस्वती के संगम तथा कम्म मेले के आसपास के इलाकों में तीन करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं के पहुंचने की आशा है शाही स्नान में सुरक्षा के लिए बीस हजार से अधिक जवानों को तैनात किया गया है

सोमवती अमावस्या आज एक ही दिन सोमवती अमावस्या और मौनी अमावस्या का दुर्लभ संयोग है इस अवसर पर प्रदेष में भी पुण्य स्नान किया जा रहा है उज्जैन में क्षिप्रा के घाटों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्वालु डुबर्की लगा रहे हैं श्रद्वालुओं के स्नान के लिये सोमकुण्ड के समीप फव्वारे साईन बोर्ड वस्त्र बदलने के लिये अस्थाई कक्ष बनाए गए हैं इसके साथ ही प्रदेष के अन्य शहरों में भी पुण्य स्नान किया जा रहा है खण्डवा जिले के ओंकारेश्वर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु नर्मदा नदी में स्नान करने पहुंचे हैं जबलपुर में भी मौनी अमावस्या का पर्व श्रद्दापूर्वक मनाया जा रहा है यहां सुबह से ही नर्मदा के घाटों ग्वारीघाट तिलवारा भेड़ाघाट पर श्रद्धाल् स्नान कर गरीबों का दान पृण्य कर रहे हैं इस अवसर पर प्रशासन ने बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचाने के लिए ई रिक्शा के इंतजाम किये हैं वहीं होशंगाबाद में भी नर्मदातटों और घाटों पर श्रद्वालुओं के पहंचने का सिलसिला जारी है यहां सभी तटों पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है उमरिया जिले मे भी आज मौनी अमावस्या का पर्व उल्लास और श्रद्वा के साथ मनाया जा रहा है

कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की मुख्यमंत्री बनने के बाद श्री नाथ की प्रधानमंत्री से यह पहली भेंट है बताया जा रहा है इस दौरान श्री नाथ ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न विकास योजनाओं पर चर्चा की मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए श्री नाथ ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच चल रहे गतिरोध पर कहा कि राज्य और केन्द्र के बीच संबंध मंध्र होना चाहिये

उन्होंने एमनागेश्वार राव का स्थान लिया है जो जांच एजेंसी के अंतरिम प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे

ग्वालियर में जन्में श्री शुक्ला प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सप्ताह की थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखी गई है इसके अंतर्गत पूरे प्रदेष में सड़क यातायात से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज से सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है इस दौरान स्कूलों और चौराहों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं वहीं खण्डवा में इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने आकाशवाणी के जरिये लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है

उप राष्ट्रपति एमवेंकैया नायडू ने इस अवसर पर डॉक्टरों नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से कहा है कि वे कैंसर की रोकथामें के लिए लोगों में और अधिक जागरूकता पैदा करें एक टवीट संदेश में श्री नायडू ने कहा कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और खाने पीने की अच्छी आदते डालने की जरूरत है

इस दौरान नशे की लत से दूर रहने केमिकलयुक्त भोजन न करने और जीवनशैली में सुधार लाने का संदेश दिया